अधिवेशन की कार्यवाही भारतीय समयानुसार शाम साढ़े छह बजे से शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी के रात आठ बजे से नौ बजे के बीच सत्र को संबोधित करने की आशा है

इस वर्ष भारत पहली बार पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए बेहतर भविष्य विषय के साथ विश्व पर्यटन दिवस मना रहा है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किये मध्यप्रदेश को साहसिक पर्यटन वर्ग में गोआ के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया आंध्रप्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रस्कार दिया गया उपराष्ट्रपति ने अपने सम्बोधन में कहा कि पर्यटन से राजस्व के साथ साथ रोजगार के अवसर पर भी प्राप्त होते हैं श्री नायडू ने कहा कि घरेलू पर्यटन भारत में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण भागीदार बन चुका है विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के तीन शहरों ओमकारेश्वर इंदौर उज्जैन को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व व्यापी बनाया जायेगा ताकि विश्व के लोग भी इन पर्यटन स्थलों को देख और जान सकेंगे वन्य प्राणी सप्ताह वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारणों में एक अक्टूबर से वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जायेगा सात अक्टूबर तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान ग्राम पंचायतों और मेला बाजार में वन मंत्री के संदेश का प्रचार प्रसार किया जायेगा वन्य प्राणी संरक्षण पर नाटक चित्रकला प्रतियोगिता और अन्य कार्यक्रमों के साथ ही स्कूलों में व्याख्यान होंगे विद्यार्थियों को वन्य प्राणी संरक्षण के महत्व से अवगत कराया जायेगा

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर एस झा और न्यायाधीश वी के शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मंत्री लघन घनघोरिया की ओर से उनके अधिवक्ता ने कल एक आवेदन पेश किया इसमें श्री घनघोरिया की ओर से कहा गया है कि वे न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्याय पालिका में उनकी आस्था है उनका उद्देश्य कमी भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना नहीं था त्रुटिवश ऐसा हुआ है तो वह बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं युगलपीठ ने आवेदन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर अदालत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है और फिर अदालत में बिना शर्त माफी मांगने का आवेदन पेश किया जा रहा है इस पर मंत्री की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा पित्रमोक्ष अमावस्या प्रदेश में कल सर्वपितमोक्ष और शनिश्चरी अमावस्या और रविवार से नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने के मद्देनजर बेहतर भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गये हैं राज्य पुलिस द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि त्योहारों के मद्देनजर सभी जिलों में पुलिस प्रशासन आवश्यक व्यवस्थाएं करें जिससे अप्रिय घटनाओं को रोकने में मदद मिले निर्देशों में कहा गया है कि सर्वपित्मोक्ष एवं शनिश्चरी अमावस्या के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धाल् आज शाम से ही राज्य में विभिन्न नदियों के घाटों और धार्मिक स्थलों पर जुटना प्रारंभ हो जाएंगे निर्देशों में राज्य में प्रमुख धार्मिक स्थलों और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने और तलाशी के निर्देश भी दिए गए हैं